प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने आज दो बडो चुनौतियां हैं दक्षिण कोरिया के सोल में आज योनसेइ विश्वविद्यालय परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और सिद्धांतों में इन समस्याओं का निदान मौजूद है बाइट आज मानव जात पूरे विश्व में दो गंभीर संकटों से जूझ रही है एक संकट है आतंकवाद का और दूसरा संकट है क्लाइमेट चेंज का अगर महात्मा गांधी के जीवन को देखें तो इन दोनों समस्याओं का समाधान महात्मा गांधी के जीवन में उनके आदर्शों में और उनके उपदेश में हम रास्ता खोज सकते हैं

योनसेई विश्वविद्यालय इस स्वतंत्रता संग्राम का केन्द्र था संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने इस अवसर पर अपने संबोधन में विश्वशांति जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकारों के समर्थन में प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत तेजी से अवसरों वाले देश के रूप में उभरा है

पिछले चार वर्षों के दौरान दश में ढ़ाई सौ अरब डॉलर से अधिक का विदेशी निवेश हुआ है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दक्षिण कारिया को अपने सच्चे आर्थिक सहयोगी के रूप में देखता है

उन्होंने कहा कि भारत में परिवहन ऊर्जा बंदरगाह और शहरी ढांचागत क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं जिसका कोरियाई उद्यमियों को लाभ उठाना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने स्टार्ट अप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य में किशोरी बालिकाओं के लिये योजना नामक एक नई योजना की शुरूआत की जिसके अन्तर्गत ग्यारह से चौदह वर्ष आयु की किशोरियां जो किन्हीं कारणों से अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी है उनके उचित पोषण और विशेष देखभाल की व्यवस्था की गई है सरकार ने इन किशोरियों की देखभाल के लिये प्रत्येक माह की आठ तारीख का आंगनबाड़ी केन्द्रों पर किशोरी दिवस मनाने का निर्णय लिया है इस अवसर पर आयोजित किशोरी पखवाड़े के दौरान स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभाग बाल विकास विभाग के सहयोग से इन किशारियों की बीएमआई जांच करायेगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्नातक स्तर तक बालिकाओं को शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है और इस मामले में सरकार बहुत संवेदनशील है उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पिछले साल सुपोषण अभियान चलाया गया था जिसकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सराहना की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रान्तीय रक्षा दल के जवानों का दैनिक भत्ता एक सौ पच्चीस रूपये बढ़ाये जाने का ऐलान किया है जवानों को अब ढाई सौ रूपये की बजाय प्रतिदिन तीन सौ पचहत्तर रूपये मिलेंगे आज लखनऊ में प्रान्तीय रक्षा दल के सम्मेलन और राज्य स्तरीय स्वामी विवेकानन्द युवा पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि उनकी सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि प्रान्तीय रक्षा दल के जवानों को पूरे वर्ष ड्यूटी मिलें इस मकसद से ड्यूटी भत्ते क मद में राशि को तेईस करोड़ रूपये से बढ़ाकर एक सौ पच्चीस करोड़ रूपये कर दिया गया है उन्होंने प्रान्तीय रक्षा दल के जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि क्ंभ के दौरान पांच सौ जवानों की ड्यूटी लगाई गई और उन्होंने वहां पर सराहनीय ढंग से काम किया कार्यक्रम के दौरान स्वामी विवेकानन्द युवा पुरस्कारों के तहत मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट युवाओं और महिला मंगल दलों को विवेकानन्द युवा सम्मान भी दिये उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बीस नये मिनी स्टेडियम स्थापित करने के साथ ही केन्द्र सरकार के सहयोग से बाईस जगहों पर मल्टीपर्पज हाल भी तैयार कर रही है उन्होंने कहा कि पिछले बीस सालों से प्रदेश में यूवक मंगल दलों को स्वामी विवेकानन्द युवा पुरस्कार से सम्मानित किये जाने की परम्परा बंद थी जिसे फिर से शुरू किया गया है

इससे पहले सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही भी चालू वित्तीय वर्ष का बजट पारित करने के बाद अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गई थी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

प्रदेश में यमुना नदी में जल परिवहन शीघ शुरू हो जाएगा

इसके लिए यमुना में शुरू होने वाला जल परिवहन इलाहाबाद से जोड़ दिया जाएगा जिसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच हुए गठबंधन के बाद आज दोनों पार्टियों द्वारा लोकसभा चुनाव के लिये तय की गई सीटों की घोषणा कर दी गई समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी स्ची के अनुसार समाजवादी पार्टी सैंतीस सीटों और बहुजन समाज पार्टी राज्य में अड़तीस सीटों पर चुनाव लड़ेगी जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी उनमें लखनऊ इटावा कानपुर झांसी संभल मैनपुरी फिरोजाबाद एटा बदायू बरेली पीलीभीत फूलपुर गोरखपुर वाराणसी शामिल है जो सीटें बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आई है उनमें आगरा मेरठ बुलन्दशहर फतेहपुर सीकरी सहारनपुर मोहनलालगंज देवरिया और शाहजहांपुर शामिल है समाजवादी पार्टी सात सुरक्षित सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी वहीं बसपा के खाते में दस सुरक्षित सीटें आई है गठबंधन ने अमेठी और रायबरेली की लोकसभा सीटें पहले ही चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी थी बाकी तीन सीटें मथुरा बागपत और मुजफ्फरनगर गठबंधन में शामिल होने वाले अन्य दलों के खाते में जा सकती है प्रदेश में लोकसभा की कुल अस्सी सीटें हैं राष्ट्रीय लोकदल ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन की अफवाहों को बेब्रनियाद बताया है रालोद उपाध्यक्ष जयन्त चौधरी ने जारी एक बयान में कहा है कि उनकी पार्टी सपा और बसपा गठबंधन में शामिल होने का फैसला पहले ही कर चुकी है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सूचना कायालय पीआईबी द्वारा आज हरदोई के गांधी भवन में ग्रामीण मीडिया कार्यशाला और वार्तालाभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में पांच तहसीलो के विभिन्न क्षेत्रों से आये ग्रामीण पत्रकारों ने भाग लिया